खींवसर में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हरेन्द्र मिर्धा अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे है वहीं उनके सामने चुनाव लड़ रहे भाजपा के सहयोगी दल के प्रत्याशी नारायण बेनीवाल के समर्थन मे सांसद हनुमान बेनीवाल े प्रचार कर रहे हैं जबकि मंडावा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विधायक रीटा चौधरी और भाजपा उम्मीदवार सुशीला सीगड़ा भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए है दोनों पार्टियों ने इन क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों के जरिये मतदाताओं को रीझाने के प्रयास शुरू कर दिये है जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा आज दोपहर से सामान्य रूप से काम करने लगेगी जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने श्रीनगर में यह जानकारी दी

कुछ दिन पहले पर्यटकों को घाटी में आने की छूट देने के केंद्र के फैसले के बाद राज्य प्रशासन ने यह कदम उठाया है घाटी में स्कूल और कॉलेज पहले ही खुल चुके हैं तथा लैंडलाइन फोन सेवा पूरी तरह काम कर रही है उच्चतम न्यायालय एक सप्ताह के अवकाश के बाद आज से फिर अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले की दिन प्रतिदिन की सुनवाई छह अगस्त को शुरू की थी

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगी बैठक में अर्थव्यवस्था को गति देने के सरकार के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बैंकों द्वारा ऋण वितरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने कल झुंझुनूं का दौरा किया

जिसे पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है यमुना नहर का पानी के कैनाल के जरिए शेखावाटी में उपलब्ध कराये जाने के सवाल पर श्री शेखावत ने केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से किये गये प्रयासों की जानकारी दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी शिक्षा संस्थानों की संख्या बढाने के बाद राज्य सरकार अब इनमें गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था भी करेगी

टोंक के मालपुरा में उपजे तनाव के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे है विजयादशमी पर यहां लगाये गये कर्फ्यू में आज दस घंटे की ढील दी जा रही है